श्री मोदी ने कोविड उन्नीस महामारी को सामाजिक आपातकाल बताया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में कोविड उन्नीस महामारी से उत्पन्न स्थिति को सामाजिक आपातकाल बताते हुए कहा है कि सरकार की प्रथामिकता प्रत्येक व्यक्ति का जीवन बचाना है श्री मोदी ने कहा कि देश कड़े फैसले करने को विवश हो गया है और निगरानी जारी रखनी होगी संसद में वीडियो कॉन्फेंस के जरिये राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि कई राज्यों की सरकारों जिला प्रशासनों और विशेषज्ञों ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का सुझाव दिया है उन्होंने कहा कि इन बदलती परिस्थितियों में देश को अपनी कार्य संस्कृति और काम करने की शैली में बदलाव की कोशिश करनी चाहिये प्रधानमंत्री ने कहा कि देश कोविड उन्नीस महामारी के कारण गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है और सरकार इन से बाहर निकलने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने महामारी से लड़ाई में केन्द्र के साथ मिलकर काम करने के राज्य सरकारों के प्रयासों की सराहना की श्री मोदी ने सामाजिक दूरी बनाये रखने जनता कर्फ्यू या लॉकडाउन का पालन करने जैसे प्रयासों में प्रत्येक नागरिक के योगदान के साथ अनुशासन समर्पण और प्रतिबद्धता की भावना की प्रशंसा की हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने अब तक किये गये उपायों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और नीतिगत सुझाव दिये तथा भविष्य के उपायों पर चर्चा की

नेताओं ने प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया कि संकट की घड़ी में पूरा देश उनके साथ है बैठक में स्वास्थ्यकर्मियों के मनोबल को बढ़ाने कोरोना वायरस की जांच सुविधाओं में और वृद्धि और छोटे राज्यों को भूख और कुपोषण जैसी समस्याओं से लड़ने के लिए केन्द्र सरकार की मदद जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई इस महामारी से लड़ने के लिए आर्थिक और अन्य नीतिगत उपायों पर भी नेताओं ने अपनी राय रखी साथ ही राजनीतिक दलों ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने और इसे चरणबद्व तरीके से खत्म करने का सुझाव दिया दिवाकर आकाशवाणी समाचार दिल्ली प्रधानमंत्री कोविड उन्नीस से उत्पन्न स्थिति पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ शनिवार को बातचीत करेंगे श्री मोदी पहले भी दो बार मूख्यमंत्रियों से चर्चा कर चुके हैं केन्द्र सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और इससे निपटने के प्रयास और तैयारी बढ़ा दी गई है स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने नई दिल्ली में बताया कि गंभीर मामलों के लिये समर्पित हेल्थ केयर सेंटर और अस्पताल बनाये जा रहे हैं

जैसे जैसे देश में केसेस की संख्या बढ़ रही है उसी के साथ जो रिस्पान्स हैं वो भी उसी से कमिसरेट रूप में हम बढ़ाते जा रहे हैं

श्री अग्रवाल ने कहा कि कोविड उन्नीस महामारी से निपटने के लिए सरकार ने एक इंटीग्रेटिड ऑनलाइन पोर्टल की शुरूआत की है

जिसमें कि फ्रंटलाईन वर्कर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में उनको रिक्वार्ड रिर्सोसेस प्रोवाईड की जायेगी इस प्लेटफार्म के द्वारा डाक्टर्स नर्सेस पेरामेडिस टेकनिशियन्स एएनएम और साथ ही राज्य के जितने अधिकारीगण हैं सिविल डिफ्रेंस आफिसियल्स हैं नेशनल कैंडिट कोर के जो हमारे वॉलियन्टर्स हैं नेशनल सर्विस स्कीम के वॉलियन्टर्स रेड क्रॉस सोसायटी और जितने भी वॉलियन्टर्स हैं उनको भी रिक्वार्ड रिसोसेस प्रोवाइड की जायेगी गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि केन्द्र ने पंजीकृत भवन निर्माण कामगारों के लिए एक हजार से छह हजार रुपये के नकद लाभ की घोषणा की है उन्होंने कहा कि इसके तहत अब तक दो करोड़ कामगारों को तीन हजार करोड़ रुपये दिये गये हैं

संयुक्त सचिव ने कहा कि लॉकडाउन को कड़ाई से लागू कराने के लिए कई कदम उठाये गये हैं

हॉटस्पॉट्स लॉकडाउन मेजर्स को राज्य सरकारों द्वारा और भी बढ़ा दिया गया है पुलिस द्वारा निगरानी और भी इन्टेंसिव हो रही है खासकर उन लोकोलिटीज में कम्युनिटी लीडर की मदद से लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाई जा रही है मार्केट्स में बाजारों में बैकों में जिला प्रशासनों ने सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए कई कदम उठाये हैं एसेंशियल कोमोडिटीज और सर्विसिज की स्थिति संतोषजनक हैं संभावना है कि क्छ लोग ब्लैक मार्केटिंग अथवा होडिंग करें

केन्द्र सरकार ने कोविड उन्नीस के संक्रमण के मद्देनजर करीब बीस करोड़ जनधन खाता धारक महिलाओं को पांच सौ रुपये की पहली किस्त हस्तांतरित करने का काम पूरा कर लिया है इस राहत पैकेज की पिछले महीने घोषणा की गई थी लॉक डाउन के कारण दूसरे राज्यों से बिहार लौटे मजदूरों का मनरेगा के तहत जॉब कार्ड बनवाया जायेगा ग्रामीण विकास विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार क्वारंटीन सेंटर में रह रहे कामगारों को वहीं जॉब कार्ड उपलब्ध कराये जायेंगे मनरेगा के अधिकारी और रोजगार सेवक को स्थानीय मुखिया की मदद से जॉब कार्ड बनवाने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है वित्तीय वर्ष दो हजार बीस इक्कीस में केन्द्र सरकार ने मनरेगा के तहत राज्य को सात सौ करोड़ रूपये का आवंटन किया है राज्य सरकार प्रवासी बिहारियों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए उनके बैंक खातों में एक एक हजार रूपये भेज रही है सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि अब तक चार लाख तिरसठ हजार ऐसे आवेदन प्राप्त हए हैं इनमें से एक लाख चौहत्तर हजार लोगों के खाते में राशि भेजी जा चुकी है जबकि अन्य आवेदनों का सत्यापन हो रहा है

खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को आदेश निर्गत कर दिया गया है उन्होंने कहा कि नयी व्यवस्था से दुकानों पर उमड़ने वाली भीड़ को कम किया जा सकेगा और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन होगा लॉक डाउन के दौरान जरूरतमंद और बेसहार लोगों के बीच अनाज वितरण के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं को भारतीय खादय निगम अनाज उपलब्ध करायेगा

आदेश में कहा गया है कि संस्थाओं द्वारा लिये गये अनाज का वितरण सही तरीके से करवाने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होगी राज्य सरकार ने लॉक डाउन को देखते हुए दसवीं के छात्रों को छोड़कर पहली से ग्यारहवीं तक के छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कूमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश निर्गत कर दिया है भारतीय चिकित्सा अन्संधान परिषद के निर्देश के आलोक में प्रदेश के तेरह जिलों ने तम्बाकू उत्पाद गुटखा खैनी और पान खाकर सार्वजनिक स्थानों पर थ्रकने पर प्रतिबंध लगा दिया है ऐसा करते पाये जाने पर छह महीने तक जेल की सजा हो सकती है जिन जिलों ने अपने यहां प्रतिबंध लागू किये हैं वे हैं अरवल जहानाबाद पूर्णिया पूर्वी चंपारण शिवहर बेगूसराय मुंगेर लखीसराय कैमूर मुजफ्फरपुर खगड़िया सुपौल और सारण गौरतलब है कि आईसीएमआर ने तम्बाकू उत्पाद खाकर जहां तहां थूकने से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ने की बात कही है देश में कोविड उन्नीस महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या पांच हजार सात सौ चौंतीस हो गई है अब तक चार सौ बहत्त्र लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई जबकि एक सौ छियासठ लोगों की मृत्यु हुई है इधर बिहार में कल नवादा जिले के एक मरीज के कोरोना संक्रमति पाये जाने के बाद पुष्ट मामलों की संख्या बढ़कर उनतालीस हो गयी है अब तक सोलह मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं जबकि एक मरीज की मौत हुई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोशल मीडिया पर चलायी जा रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें लोगों से प्रधानमंत्री के सम्मान में पांच मिनट खड़े होने की अपील की गयी है श्री मोदी ने इसे फर्जी खबर बताते हुए दुर्भावनापूर्ण बताया है उन्होंने कहा कि यह उन्हें विवाद में घसीटने की कोशिश है केन्द्र सरकार ने उन रिपोर्टो का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि कोविड उन्नीस के कारण सभी होटल और रेस्तरां पन्द्रह अक्तूबर दो हजार बीस तक बंद रहेंगे पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि इस संबंध में सोशल मीडिया में चल रही खबरें निराधार हैं और पर्यटन मंत्रालय ने इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के दवा विक्रेता मरीजों और बुजुर्गों को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत आवश्यक सेवाएं और दवाइयां उनके घरों तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता ने बताया कि इस पहल से सामाजिक दूरी रखने में मदद मिलेगी बाईट दीपेन्द्र कमार लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र अनिवार्य दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है

जन औषधि सुगम ऐप का उपयोग कर कोई भी व्यक्ति अपने नजदीकी केन्द्र दवाओं की उपलब्धता और उसकी कीमत का पता लगा सकता है इस ऐप को गुगल प्ले या आईफोन स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा कर रहा है ताकि लोगों को कोरोना वायरस से बचाने में मदद मिल सके

अब जानते हैं कोरोन संक्रमण को लेकर रेलवे द्वारा बिहार में किये जा रहे उपायों के बारे में पूर्व मध्य रेलवे ने आम लोगों को आवश्यक सामानों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से सहरसा के बीच आज से पन्द्रह अप्रैल तक प्रतिदिन स्पेशल पार्सल ट्रेन चलाने का फैसला किया है मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि हरनौत और समस्तीपुर स्थित वार्कशॉप में चिकित्साकर्मियों के लिए पीपीई किट का उत्पादन किया जायेगा वहीं राज्य के सभी बड़े रेलवे स्टेशनों पर सेनिटाइजेशन टनल लगाया जायेगा बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री राहत कोष में प्रत्येक सिपाही और हवलदार की ओर से एक एक हजार रूपये देने का फैसला किया है एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार धीरज ने बताया कि यह राशि आठ करोड़ रूपये से अधिक होगी फिल्म अभिनेता संजय मिश्रा ने लॉकडाउन के दौरान लोगों को घर पर ही रहने के लिए कई उपाय बताए

शब ए बारात के अवसर पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मुस्लिम समुदाय से लॉक डाउन और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने की अपील की है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां हिन्दुस्तान दैनिक जागरण दैनिक भास्कर और प्रभात खबर समेत आज के सभी समाचारों पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की राजनीतिक दल के नेताओं के साथ समीक्षा बैठक से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है राष्ट्रीय सहारा और आज ने देश भर में कोरोना संक्रमितों की बढ़ रही संख्या को प्रमुखता दी है

श्री मोदी ने कोविड उन्नीस महामारी को सामाजिक आपातकाल बताया